प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि आधार योजना का उद्देश्य समाज के बेहद पिछड़े वर्गो तक लाभ पहुंचाना है क्योंकि विशिष्ट पहचान प्रमाण इन वर्गों को सशक्त बनाता है न्यायालय ने कहा कि सरकारी योजनाओं और सबसिडी का लाभ लेने के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जरूरी होगी न्यायालय ने यह भी कहा कि स्कूलों में दाखिले के लिए आधार आवश्यक नहीं है और सी बी एस ई नीट अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आधार को अनिवार्य नहीं बना सकते सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य नहीं है और द्रसंचार सेवा प्रदाता आधार से जोड़ने के लिए नहीं कह सकते लेकिन आयकर रिटर्न भरने और स्थायी खाता संख्या पैन का आवेदन करने के लिए यह अनिवार्य होगा

केन्द्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केकेवेणुगोपाल ने एससी एसटी कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ देने के पक्ष में जोरदार दलील दी और कहा कि उनके पिछड़ेपन को ही आरक्षण का आधार माना जाए

जयपुर शहर के पास धानक्या में भाजपा के शक्ति केंद्र कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार आने वाली है राष्ट्रीय नागरिक पंजिका के मुद्दे पर श्री शाहे ने कहा कि भाजपा किसी भी स्थिति में देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी सर्जिकल स्ट्राइक का जिक करते हुए उन्होंने कहा कि कहा कि भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है कि जो अपने शहीद सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता करने का बदला लेते हैं इससे पहले श्री शाह ने धानक्या गांव में ही दीनदयाल राष्ट्रीय स्मारक का लोकार्पण भी किया

इस मौके पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा की अन्य सरकारें पं दीनदयाल के एकात्म मानववाद के सिद्वांत पर काम कर रही हैं

इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्ज्नराम मेघवाल समेत भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद थे धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण की ओर से निर्भित इस स्मारक में पंडित दीनदयाल के जीवन को दर्शाया गया है गौरतलब है कि पंडित दीनदयाल के नाना धानक्या में स्टेशन मास्टर थे और उनका बचपन इस गांव समेत राजस्थान के कई शहरों में बीता

श्री नायडू ने आज जयपुर में स्मार्टसिटी एक्सपो के उद्घाटन के मौके पर कहाकि तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण शहरों की मूलभूत सुविधाओं पर दबाव बढ गया है

उन्होंने कहा कि शहर आरामदायक होने चाहिए और समाज के हर आयु वर्ग कीजरूरत को ध्यान में रखते हुए इनमें सुविधाओं का इंतजाम होना जरूरी है

बाद में जयपुर में ही होम्योपैथी विश्वविद्यालय के दीक्षांत सम्बोधन में श्री वैंकेया नायडू ने कहा कि चिकित्सा एक महान पैशा है और यह एक मिशन है और सभी चिकित्सों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से समाज के गरीब और जरूरतमंत तबकों को बडी राहत मिली है

जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग के मुख्य अभियंता के एल जाखड़ ने बताया कि सोमवार को इस बांध में दो लाख क्यूसेक से अधिक पानी की आवक हुई कल भी इसमें डेढ़ लाख क्यूसेक पानी की आवक होने के बाद बांध को खाली करने की तैयारी शुरू कर दी गई है